उज्जैन में भादौ महीने के अंतिम सोमवार को आज महाकाल की शाही सवारी निकाली जायेगी

माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ट्रम्प को कश्मीर में सुधार की जानकारी देंगे और आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत करेंगे श्री मोदी ने कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुतरेस से भी मुलाकात की उनका विश्व के कई नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी कल यूएई और बहरीन की यात्रा के बाद बियारित्ज पहुंचे थे

श्री मोदी ने कल बहरीन के शाह हमाद बिन इसा अल खलीफा के साथ द्विपक्षीय बातचीत की इसमें पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ फैलाए जा रहे आतंकवाद चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट क्षेत्रीय और निजी हित से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम की तीसरी कड़ी में कल यह घोषणा की

इस अवसर पर हम देश भर में फिट इंडिया मूवमेंट लांच करने वाले हैं खुद को फिट रखना है देश को फिट बनाना है हर एक के लिए बच्चे बुजुर्ग युवा महिला सब के लिए ये बड़ा रोचक अभियान होगा और ये आपका अपना होगा

कश्मीर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का एक दल कल से दो दिन की कश्मीर यात्रा पर जाएगा और केन्द्र सरकार की विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए क्षेत्रों की पहचान करेगा

उन्होंने कहा कि यह दल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विद्यालय महाविद्यालय कौशल विकास केन्द्र अस्पताल और अन्य सुविधा केन्द्र खोलने की आवश्यकताओं का आकलन करेगा इस बीच जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी के ज्यादातर पुलिस थाना क्षेत्रों में दिन के समय की पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं अधिकारियों ने बताया है कि कश्मीर में कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है तथा घाटी में कहीं से भी कानून व्यवस्था से जुड़ी किसी बड़ी समस्या की सूचना नहीं है

श्री सिंह ने कल दिए निर्देश में कहा कि शिविर में नमूने के तौर पर कुछ बिजली बिलों की जांच भी करें अधिक और गलत बिल की शिकायतों का जल्द निराकरण करें शिविर में बिजली की गुणवत्ता बिजली कटौती की शिकायतों का निराकरण भी करें

पीसी शर्मा जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने के लिए वचनबद्ध है जर्नलिस्ट्स यूनियन ऑफ मध्यप्रदेश द्वारा कल राजधानी भोपाल में आयोजित नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में श्री शर्मा ने यह बात कही जनसम्पर्क आयुक्त पी नरहरि ने जनसम्पर्क विभाग को पत्रकारों एवं सरकार के बीच का सेतु बताया बैठक में एनयूजेआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रज्ञानंद चौधरी महासचिव शिवकुमार अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी दुबे सहित जर्नलिस्टस यूनियन ऑफ मध्यप्रदेश के पदाधिकारी और देश प्रदेश के पत्रकार शामिल हुए

इसमें शामिल होने के लिए उज्जैन में हजारों श्रद्वालु पहुंच रहे हैं महाकाल की सवारी के साथ घुड़सवार नगर सैनिक विशेष सशस्त्र बल की टुकड़ियां तथा पुलिस बैंड के अतिरिक्त भजन मंडलियां सम्मिलित होती हैं पालकी में भगवान श्री चन्द्रमौलेश्वर हाथी पर श्री मनमहेश दल बल के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे महाकाल की सवारी के मार्ग में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं साफ सफाई विद्युत पेयजल आदि की व्यवस्थाएं भी की गई है महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण भादौ माह में शाही सवारी तक प्रतिवर्षानुसार भगवान के भस्मार्ती में पट खुलने के समय में परिवर्तन किया गया था

महाकालेश्वर मंदिर में प्राचीन परपंरानुसार श्रावण महोत्सव डेढ माह तक मनाया जाता है और श्रावण एवं भादौ के प्रत्येक सोमवार को सवारी निकालने की परंपरा है

रहली विकासखंड में बारिश के कौरण पिन इंसुलेटर बर्स्ट होने से कल यह घटना हुई बिजली का तार लाइटनिंग के कारण टूटा था विद्युत मंडल संभाग रहली द्वारा सुधार कार्य किया जा रहा है मौसम राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में रूक रूककर बारिष का सिलसिला जारी है भोपाल में कल षाम तक दो दिन में करीब चार इंच बारिष हुई

इटारसी में तवा बांध के गेट खोलकर भी पानी नर्मदा में छोड़ा गया नर्मदा में जलस्तर के बढ़ने से मंडला होशंगाबाद रायसेन खंडवा खरगोन जिला प्रशासन ने नदी के किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है मंदसौर जिले में चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध गांधीसागर पानी से लबालब हो गया है

जिले के बम्होरी क्षेत्र में नारंगी नदी का पानी बस्ती में घुस गया है इस कारण कुछ घर और मंदिर का बड़ा हिस्सा ड्रब गया है मौसम विभाग ने आज प्रदेश के उज्जैन बुरहानपुर खंडवा खरगोन बड़वानी अलीराजपुर झाबुआ मंदसौर सीहोर रायसेन हरदा बैतूल और होशंगाबाद जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है

इस जीत से भारत ने दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला में एक शून्य की बढ़त ले ली है

रहाणे को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया

इस दौरान जिला कलेक्टर ने मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निराकरण किया

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कल शिवपुरी में कई कार्यक्रमों हिस्सेदारी की